मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री से सड़क दुर्घटना में घायल फिरदौश अंसारी की मदद करने का आग्रह किया है

ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं

पाकृड जिले के हिरणपुर प्रखंड स्थित डांगापाड़ा गांव के राजकीय उच्च विद्यालय की नौ वीं की छात्रा मनीषा मड़ैया के बाल विवाह जैसी कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छाशक्ति ने उसे आज जिले की खासकर तेजस्वनी योजना का आइकॉन बना दिया है मनीषा अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हम अपनी नारी शक्ति की ऊर्जा और उपलब्धियों को नमन करते हैं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी के सहयोग से ही शिक्षा सुरक्षा सभ्यता और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है उधर जिलों में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यकम आयोजित किए गए राज्यभर में आठ मार्च से बाइस मार्च दो हजार बीस तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने का संकल्प व्यक्त किया है उन्होंने अपने संदेश में झारखंड वासियों से अनुरोध किया है कि सुनहरे एक हजार दिन पौष्टिक आहार अनिभिया की रोकथाम डायरिया का प्रबंधन और स्वच्छता एवं साफ ैसफाई यानी पोषण के ये पांच सूत्र अपनाकर माता पिता और अभिभावक अपने शिशु और परिवार को कुपोषण मुक्त बनाएं पूरे अभियान के दौरान सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में अनीभिया जांच कैंप का आयोजन किया जाएगा वहीं बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा इस पखवाड़े के दौरान सहिया आंगनबाड़ी सेविका एएनएम स्वयं सहायता समूह और पंचायती राज के प्रतिनिधि लोगों को पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे

हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले के संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज पोषण पखवाड़ा की शुरूआत करते हुए जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया इससे पहले वहां उपस्थित सभी आंगनबाड़ी सेविका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य लोगों को पोषण संबंधी शपथ दिलायी गयी वहीं हमारे हजारीबाग संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण के सौजन्य से पोषण रथ जिले के विभिन्न प्रखण्डों में घ्रमकर लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी देगी इधर लोहरदगा जिले में भी पोषण पखवाड़ा की शुरूआत की गयी वहीं सिमडेगा जिले में भी पोषण पखवाड़ा के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी

उधर यूरोप में इटली कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है

इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गृप्ता ने कहा है कि शैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी की शिकायत मिली तो विभाग की ओर से कार्रेवाई की जायेगी उन्होंने कहा है कि चिकित्सकों की टीम ने विदेशों से राज्य में पहुंचे दस लोगों की जांच की है जिसमें किसी का भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाया गया है राज्य में लोगों को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के प्रति जागरूक किया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के बोकारो जिले के कसमार प्रखंड स्थित शिवपुर पंचायत के करमा निवासी भूखल घासी की मृत्यु पर दूःख व्यक्त करते हुए खाद्य सचिव को इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है उन्होंने बोकारो उपायुक्त को पीड़ित परिवार की मदद करने का भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने बोकारो उपायुक्त को हर जरूरतमंद परिवार को राशन कार्ड उपलब्य कराने को कहा है मुख्यमंत्री को ट्वीट कर जानकारी दी गयी थी कि भूखल घासी मिट्टी काटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री से सड़क दुर्घटना में घायल फिरदौश अंसारी की मदद करने का आग्रह किया है इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री को टवीट संदेश के माध्यम से जानकारी दी गयी थी कि बोकारो स्टील सिटी निवासी सात वर्षीय फिरदौश अंसारी सड़क दुर्घटना के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है जिसे यह भरोसा है कि उसके राज्य के मुख्यमंत्री उसकी जान बचाने में मदद करेंगे यह जानकारी भिलने पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री से यह उसी की ैसहायता के लिए आग्रह किया है द्मका जिले के तेलियाचक गांव में झारखंड और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चल रहे हुनर हाट का आज समापन हो रहा है

इघर पिछले बहत्तर घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हुई तेज बारिश ने जन जीवन को प्रभावित किया है लातेहार जिला के सदर थाना क्षेत्र में कल हुई तेज बारिश के बाद नदी के तेज बहाव की चपेट में आ जाने से आदिम जनजाति परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गयी हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि ग्रामीणों के सहयोग से मृतकों का शव आज देर शाम बरामद कर लिया मृतकों की पहचान नरेशगढ़ गांव के कुड़पानी टोला निवासी दासो परहिया संगीता देवी और सरिता कुमारी के रूप में की गयी है घटना की सूचना पर एसडीएम ने गांव पहुंचर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की ँऔर उन्हें सरकारी मदद मुहैया करवाया संक्षिप्त खबरें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गढ़वा जिले के केतार प्रखण्ड स्थित नव प्राथमिक विद्यालय के बासठ बच्चों को दूषित पानी पीने से मुक्त करने का निर्देश दिया है इस संबंध में उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री से भी आग्रह किया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो खांची का उद्घाटन किया इसे एफ एम पर नब्बे दशमलव चार मीटर पर सुना जा सकता है